उन्होंने कहा कि इस आयोजन में अस्सी नये रिकॉर्ड बने जिनमें छप्पन रिकॉर्ड लड़कियों के नाम रहे उन्होंने उन माता पिताओं की सराहना की जिन्होंने गरीबी को अपने बच्चों के भविष्य में बाधा नहीं बनने दिया राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता के माध्यम से जहां खिलाड़ियों को अपना पैशन दिखाने का मौका मिलता है वहीं वे दूसरे राज्यों की संस्कृति से भी रूबरू होते हैं इसलिए हमने खेलो इंडिया यूथ गेम्स की तर्क पर ही हर वर्ष खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स भी अयोजित करने का निर्णय लिया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले वर्ष नवम्बर से शुरू हुए फिट इंडिया स्कूल अभियान के भी सकारात्मक परिणाम आ रहे हैं और पैंसठ हजार स्कूलों ने फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट प्राप्त किया है श्री मोदी ने शारीरिक गतिविधि और खेलकूद को शिक्षा के साथ समायोजित करने का स्कूलों से आग्रह किया नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत पांच दिवसीय गंगा यात्रा का आज प्रदेश के बलिया और बिजनौर से श्भारम्भ हुआ राज्यपाल आनन्दी बेन पटेल केन्द्रीय मंत्री महेन्द्र नाथ पांडेय और विहार के उपमुख्यमंत्री सुशील मोदी ने बलिया से गंगा यात्रा का शुभारम्भ किया यात्रा को रवाना करते हुए राज्यपाल आनंदी बेन पटेल ने कहा कि वे लोग बहुत ही भाग्यशाली हैं जो इस पवित्र नदी के किनारे बसे हुए हैं उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी देश की नदियों को साफ करने के लिए कई कदम उठा रहे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तराखण्ड के मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत और केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान ने विजनौर से यात्रा का शुभारम्म किया इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि इससे पहले गंगा बहुत ही मैली थी अब नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत गंगा कानपुर औद्योगिक शहर में भी स्वच्छ हो गई है हमारे संवाददाता ने बताया कि पांच दिनों तक नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत चलने वाली यह यात्रा बिजनौर और बलिया में मंत्रोच्चार और गंगा आरती के बाद शुरू हुई दोनों यात्राएं सत्ताईस जिलों में एक हजार तीन सौ पचास किलोमीटर की दूरी तय करेंगी और यात्रा समापन पर इकत्तीस जनवरी को कानपुर में एक समारोह आयोजित किया जायेगा इस दौरान आठ केन्द्रीय मंत्री और कई जिलों के प्रमारी मंत्री जगह जगह गंगा यात्रा में शामिल होंगे यह यात्रा प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रेरणा से शुरू की गई है जिसका उद्देश्य जैव विविधता को बढ़ावा देना और नदी के किनारे रहने वालों का अधिक विकास करना और उन्हें खुशहाल बनाना है

श्री रामदेव आज देवरिया महोत्सव में भाग लेने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे उन्होंने ऐसे दलों और संगठनों पर देश में नकारात्मकता फैलाने का आरोप लगाया श्री रामदेव ने कहा कि यह देश सभी भारतीयों का है उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोग इस कानून के समर्थन में हैं श्री रामदेव ने कानून के विरोध में हो रहे प्रदर्शनों पर कहा कि कुछ राजनीतिक दल जान बूझकर मुस्लिम समुदाय के बीच नागरिकता संशोधन कानून के बारे में दुष्प्रचार कर रहे हैं उन्होंने समाज के जिम्मेदार लोगों का आह्वान किया कि वे आगे आएं और कानून के बारे में लोगों को वास्तविक तथ्यों से अवगत कराएं

जिलाधिकारी आशुतोष निरंजन ने बताया कि महोत्सव का शुभारम्भ प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित करेंगे एक फरवरी तक चलने वाले महोत्सव में जनपद के विविध सांस्कृतिक रंगों के साथ केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी लोगों को दी जाएगी जिलाधिकारी ने कहा कि बस्ती महोत्सव में इस वर्ष जाने माने कवि क्मार विश्वास भजन गायक अनूप जलोटा गायिका मैथली रिऋम ठाक्र सहित कई कलाकार भाग लेंगे श्री निरंजन ने कहा कि महोत्सव में पांच दिनों तक सुबह सात बजे से आठ बजे तक योगाभ्यास का आयेजन किया जाएगा और दस बजे से बारह बजे तक विभिन्न विमागों से जुड़ी योजनाओं की कार्यशाला होगी दोपहर एक बजे से शाम चार बजे तक मुख्य मंच से कार्यक्रमों का संचालन किया जाएगा